श्री मोदी तमिलनाडु में आज तिरुपुर से कई विकास परियोजना की शुरुआत भी कर रहे हैं कुम्भ शाही स्नान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुम्भ मेले में आज बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान किया जा रहा है शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधू संत और श्रद्वालू पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं बसंत पंचमी के बाद इस महीने की उन्नीस तारीख को माघ पूर्णिमा और अगले महीने की चार तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर दो और स्नान किए जाएंगे और इसी के साथ कुम्भ मेले का समापन हो जाएगा हमारे संवाददाता के अनुसार मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि दो करोड़ से अधिक श्रद्दालु संगम में स्नान कर चुके हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्नतशील भारत के निर्माण के लिये हमें प्रगतिशील युवाओं को रोजगार देने के लिये सुनियोजित रणनीति अपनाना होगी श्री नाथ कल महाराष्ट्र के गोंदिया में स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जयंती उत्सव में मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे श्री नाथ ने स्वर्गीय पटेल का स्मरण करते हये कहा कि वे राजनैतिक व्यक्ति नहीं थे उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया समारोह र्म मध्यप्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल और फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी उपस्थित थे नेता प्रतिपक्ष बयान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विकासकार्यो पर ध्यान देने की बजाय तबादलों में लगी हई है जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो गई है

इससे प्रशासनिक अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड रहा है अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मंत्रि परिषद समिति राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों रोजगार सहायकों और अन्य संविदाकर्मियों के स्थायीकरण और अन्य मांगों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रि परिषद समिति का गठन किया गया है सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और वित्त मंत्री तरुण भनोत और प्रमुख सचिव वित्त समिति के सदस्य होंगे जबकि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को समिति का संयोजक बनाया गया है यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी संक्षिप्त समाचार प्रदेश में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक ज्ञापन भी सौंपा